देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा नीट आज हो रही है आयोजित

इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दूर्गापुर गैस पाइप लाइन संवर्धन परियोजना पूर्वी चम्पारन और बांका में रसोई गैस भरने वाले दो संयंत्रों की स्थापना की परियोजनाएं शामिल हैं ये परियोजनाएं रसोई गैस की बढ़ती मांगों को पूरी करने में सहायक होंगी

कोविड संकमण से बचाव के सभी ऐहतियाती उपायों के बीच ये परीक्षा करवाई जा रही है

ये परीक्षा कोविड महामारी के कारण दो बार स्थगित करनी पड़ी थी राजस्थान रोडवेज ने नीट परीक्षार्थियों के लिये रोडवेज बसों में कल तक निशुल्क यात्रा की सुविधा दी है इसके लिये परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि आम लोग फेसबुक और यू ट्यूब के माध्यम से इस बैठक से जुड़ सकते हैं श्री गहलोत ने कहा कि यह बैठक जनता की जागरूकता के लिये की जा रही है

श्री गहलोत कल सामान्य प्रशासन मोटर गैराज विभाग और सम्पदा विभाग की समीक्षा कर रहे थे समीक्षा बैठक में एस्टेट विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में नजूल पड़ी सम्पत्तियों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया अधिकारियों ने बताया कि राजकीय सम्पत्तियों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विश्राम गृहों की व्यवस्थाएं और मजबूत करने के निर्देश दिए उन्होंने मोटर गैराज में वाहनों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली

यह योजना जारी किये जाने की तारीख से तीन महीने तक प्रभावी रहेगी

प्रदेश में कोरोना सैम्पलिंग में भी तेजी आई है

एक दिन में ठीक होने वालों की यह सबसे बडी संख्या है

श्री गहलोत कल राजस्थान संवाद और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे बैठक में श्री गहलोत ने कहा कि सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष का गठन कर उनके लिए मेडिक्लेम बीमा निशुल्क बस यात्रा मेडिकल डायरी पत्रकार सम्मान पेंशन योजना तथा आर्थिक सहायता जैसी योजनाए शुरू की हैं उन्होंने पत्रकार कल्याण कोष के एफडीआर से प्राप्त ब्याज से संचालित मेडिकल डायरी योजना का लाभ सवैतनिक गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी देने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए

उन्होंने कल जोधपुर मुख्यालय में निवर्तमान आइजी अमित लोढ़ा से कार्यभार ग्रहण किया लोढ़ा को बीएसएफ दिल्ली मुख्यालय में आइजी वर्क्स पद पर लगाया गया है इससे पहले श्री तिवारी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन में उप महानिदेशक थे

सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात संसद के समक्ष मुद्दे विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा